मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन ग्रामीण की तरह जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में कहा था कि यह मिशन पांच वर्षों से अधिक समय में लागू होगा

गांव गरीबों और किसानों के घरों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए बजट में वृद्धि की गई है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है उन्होंने कहा कि बजट में किये गये प्रावधानों को गलत समझा गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोडकर सभी कार्यालय बंद रहेंगे जबकि इन क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अन्मति होगी

मंत्रालय ने कहा कि सभी कर्मचारी और आगन्तकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए

कार्यालयो में खास निवारक उपयों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश के दौरान सभी कर्मचारियों और आगन्तुकों के हाथों को सैनेटाइज करवाना और थर्मल स्कैनिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए

इस बीच झुन्झुनू जिले में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत कल से स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज दी जाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिमाषण पर बहस का जवाब देंगे ्रेस इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है राज्य सरकार ने कहा है कि अजमेर और जोधपुर में जल्द ही होम्योपैथिक महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कल विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत अजमेर होम्योपैथिक महाविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है और जोधप्र में भी जल्द ही आवंटन किया जाएगा

श्री जूली ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि नियमानसार महाविद्यालय शरू करने से पहले एक साल तक अस्पताल का संचालन होना जरूरी है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

राजधानी जयपुर में पुलिस की ओर से सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत कल शहर के स्कूलों में छात्राओं और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया साथ ही एक फिल्म के माध्यम से गुड टच और बेड टच के बारे में जानकारी दी गई

शुभमान गिल और विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हुए

चार मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड एक शून्य से आगे है